इस दौरान मुख्यमंत्री थुनाग में मिनी सचिवालय के संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री सिराज दीप उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे

पार्टी प्रवक्ता शशिदत्त शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में केंद्रीय नेतृत्व सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सांसद शांताकुमार प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं

आयोजन समिति के सचिव व डीआईजी उत्तरी रेंज अतुल फुलझले ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्किट बॉल फुटबॉल कबड्डी एथलेटिक्स लॉन टैनिस बैडमिंटन और सांस्कृतिक स्पर्घाएं आयोजित की जाएंगी प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है हालांकि सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने हिमाचल में टैक्स चोरी के मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है पौंग बांध विस्थापितों का हिमाचल में किया जाए पुनर्वास प्रदेश सरकार को जमीन तलाशने के लिए कहा पंजाब केसरी की एक खबर है बद्दी में ड्रग इंस्पैक्टर निलंबित केंद्र सरकार ने दिए विभागीय जांच के आदेश अमर उजाला की सुर्खी है दवा निर्माताओं को धमकाने के आरोप में ड्रग इंस्पैक्टर निलंबित दिव्य हिमाचल का शीर्षक है बद्दी में ड्रग इंस्पैक्टर सस्पैंड

हिमाचल दस्तक की एक खबर है हिमाचल विधानसभा का जनवरी से शुरू होगा शीतकालीन बजट सत्र

अमर उजाला के अनुसार अमरीकी तर्ज पर बनेगा इलैक्ट्रानिक हैल्थ कार्ड मौसम पर पंजाब केसरी लिखता है कल फिर बदलेगा मौसम कुल्लू और भरमौर में आज से अलर्ट

पंजाब केसरी की एक खबर है इंडियन टैक्नोमेक घोटाले में छठी गिरफतारी दैनिक भास्कर का शीर्षक है टैक्नोमेक कंपनी का जीएम बिस्वाल अरेस्ट जानता था कंपनी में हो रहा घोटाला एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय विस्थापितों को झटका में विकास के लिए घर जमीन छोड़ने वाले पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान सरकार के झटके के बाद सरकार द्वारा इन्हें राहत दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही है